प्रदेश में कुछ स्थानों पर दो दिनों तक तेज हवाएं चलने की संभावना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

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल सुजानगढ़ सहाड़ा और राजसमंद में कांग्रेस उम्मीदवारों की नामांकन र्रलियों को संबोधित किया उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशियों के जीतने पर राज्य सरकार मजबूत होगी और विकास कार्यो में कोई कमी नहीं रखी जाएगी इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने बड़े नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किए राजसमंद में आयोजित सभा में पूर्व केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद रहे श्री पूनिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने दस दिन में किसानों की कर्जमाफी का वादा किया था लेकिन वह आज तक पूरा नहीं हो पाया

इसके अलावा अदालत ने प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे एक अन्य आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है

इनके कब्जे से बम बनाने का सामान भी बरामद हुआ था

छह जिलों चूरू दौसा हनुमानगढ़ जालौर करौली और राजसमंद में संकमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला राज्य में कल इस बीमारी से किसी भी रोगी की मृत्यु नहीं हुई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

सभी जिलों में जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक टीकाकरण की तैयारियों के संबंध में आदेश जारी किये गये है

राज्यों से कहा गया है कि वे इस योजना के तहत आपात कार्रवाई केन्द्रों की स्थापना करें इन केन्द्रों की टीम चौबीसों घंटे संक्रमण के फैलाव वृद्धि और संकेतकों की निगरानी करेगी राज्यों को मामलों के मानचित्रण क्षेत्रवार समीक्षा और कंटेनमेंट जोन बनाने को भी कहा गया है कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि प्रशासन को कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन कराना चाहिए संक्रमण के अधिक मरीज वाले सभी जिलों को शतप्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने को भी कहा गया है

इससे पहले कल राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में धूल भरी हवाएं चलीं इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा